बांध के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने को कहा

वीडियो कांफ्रेंसिंग मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में प्रस्तावित सौंग बांध के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वीकृत सभी कार्यों पर पूरी गम्भीरता के साथ समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए देहरादून में पेयजल आपूर्ति के लिए सौंग बांध की जरूरत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बांध के लिए सभी औपचारिकतांए जल्द पूरी कर ली जाए समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली डुग्स इन्सपैक्टर प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए राज्य में जल्द पर्याप्त संख्या में ड्रग्स इन्सपेक्टरों की व्यवस्था की जाएगी महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेलाकुई चौकी को थाने मे तब्दील किया जाएगा और यहां पर महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी देहरादून में आयोजित फार्मा उद्योग की प्रगति की समीक्षा में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि फार्मा उद्योग की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए फार्मा उद्यमियों और बायो डायवर्सिटी बॉर्ड की एक बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी युवाओं में नशे के बढ़ते प्रचलन पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए श्री रावत ने नशे के व्यापार करने वालो पर कड़े नियन्त्रण के लिए पर्याप्त संख्या में ड्रग्स इन्सपेक्टरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए उन्होंने ऊर्जा सचिव और ऊर्जा निगमों के अधिकारियो को बिजली आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए उच्च न्यायालय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून स्थित वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान को इसरो के साथ मिलकर हर तीन महीने में गोमुख का सर्वेक्षण करके यह पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि हिमनद के पास कोई झील तो नहीं बन रही है अदालत ने संस्थान से यह रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने को भी कहा है एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति शरद शर्मा ने वाडिया संस्थान से कहा कि अगर गंगा के उद्गम स्थल गोमुख में कोई अस्थाई झील बनी हुई है तो उसे वैज्ञानिक तरीके से हटा दिया जाना चाहिए

देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में अपर सचिव सविन बंसल ने बताया कि भारी बारिश और आपदा के समय टेलीफोन की सुविधा को बहाल रखने के लिए विभाग ने टेलीकम्युनिकेशन प्लान जारी किया है इसके साथ ही कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल को भी जारी करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपदा की स्थिति में आसानी से राहत पहुंचाई जा सके उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है वहां प्रशासन ने चिकित्सा पेयजल संचार और भोजन की सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं अतिक्रमण देहरादून में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने और सख्त रुख अपना लिया है

अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि ध्वस्तीकरण के कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई नही बरती जानी चाहिए उन्होंने पुलिस विभाग से रविवार को देहरादून में लगने वाले संडे मार्केट को किसी भी दशा में न लगने देने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि संडे मार्केट में दुकान लगाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके विरूद्व कार्रवाई सुनिश्चित की जाए समीक्षा केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री मनसुख एल माडविया और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज चारधाम ऑलवेदर रोड़ के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को इस योजना को गुणवत्ता के साथ तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए केंद्रीय भूतल राज्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में चारधाम स्थित हैं और कैलाश मानसरोवर मार्ग भी यही से होकर गुजरता है उन्होंने आशा व्यक्त की कि सडक निर्माण होने से उत्तराखंड में पर्यटन बढेगा और साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दो वर्षो में उत्तराखंड राज्य में सड़क नेटवर्क बहुत अच्छ हो जायेगा जिससे यहां रोड़ कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा बैठक जीएसटी से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रदेश में हेल्प लाइन और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने व्यापारियों की जीएसटी से जुड़ी शंकाओं के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर ही समाधान करने के निर्देश दिए हैं देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने जीएसटी से जुड़े उद्योग व्यापार संघ टैक्स बार एसोसिएशन होटल एसोसिएशन ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और छोटे व्यवसायियों से बात कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को अपने स्तर से निस्तारित करने की कोशिश की है और जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है उन्हे जीएसटी कांउसिल के पास भेजा जाएगा इस मौके पर आयुक्त व्यापार कर सौजन्या ने बताया कि जीएसटी में पंजीकृत हर व्यापारी का पांच लाख रुपये का बीमा स्वतः ही हो जाता है उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनके सुझाव जीएसटी कांउसिल में रखे जांएगे पशु मेला पशु नस्ल सुधार और पशुपालकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से इस वर्ष नवम्बर में पन्तनगर में पशु मेले का आयोजन किया जाएगा मेले के आयोजन के संबंध में पशुपालन राज्यमंत्री रेखा आर्या ने पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जिसमें बताया गया कि पशु मेले में प्रदेश के सभी जिलों में सर्वश्रेष्ठ पशु और पशुपालकों का चयन प्रतियोगिता के आधार पर किया जायेगा श्रीमती आर्या ने कहा कि मेले का मुख्य उद्देश्य सस्ती और नवीन तकनीकों के बारे में पशुपालकों को जानकारी देना है निधन पिथौरागढ़ निवासी प्रसिद्ध कुमाऊनीं लोक गायिका कबूतरी देवी का आज निधन हो गया

दो दिन पहले उन्हें पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती कराया गया था आज सुबह उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया जिसके लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की लेकिन इसी बीच लोक गायिका कबूतरी देवी ने अपनी अतिम सांस ली गौरतलब है कि लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो में अपनी पहली प्रस्तुति के बाद ही वह लोकप्रिय हो गई थी उनके गीतों में पहाड़ी महिलाओं के जीवन में संघर्षो को जिक्र मिलता है लोक गायिका को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कई सम्मानों से भी नवाजा गया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पेयजल मंत्री प्रकाश पन्त ने कबूतरी देवी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जिला चिकित्सालय जाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्वांजलि दी